प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून का उददेश्य सिर्फ़ नागरिकता प्रदान करना है किसी की नागरिकता लेना नहीं पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस कानून से पैदा हुए विवाद की वजह से विश्व को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना के बारे में पता चला है हालांकि उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि युवाओं के एक वर्ग को नागरिकता संशाधन अधिनियम के बारे में गुमराह किया जा रहा है जबकि इस कानून का उद्देश्य नागरिकता देना है किसी की नागरिकता छीनना नहीं सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट में हम नागरिकता दे ही रहे हैं किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी धार्मिक आधार पर प्रताडित लोगों को भारत की नागरिकता देने का समर्थन किया था और उनकी सरकार सिर्फ़ स्वतंत्रता सेनानियों की इच्छाओं को पूरा कर रही है राष्ट्र आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत कराया

रामकृष्ण परमहस रामकृष्ण् मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है

श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं न अपने सपनों को देश की ज़रूरतों के अनुरूप गढ़ा है और इसी के कारण वे विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ऐप बनाने नये उद्यम शुरू करने तथा दूसरों को रोजगार देने जैसे काम कर रहे हैं इस पांच दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करते हुए केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता सेः उद्घाटन समारोह से पहले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सांस्कृहतिक दल ने शानदार मार्च पास्टे में अपने अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी पेश किया उद्घाटन समारोह के दौरान उत्त रप्रदेश के लोक कलाकारों और उनकी प्रस्तुोतियों पर सभी राज्योंक से आये यूवा झूमते हुए नजर आये मुख्य मंत्री योगी आदित्य्नाथ और केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर स्वारमी विवेकानंद की एक भव्य् प्रतिमा का भी उद्घाटन किया

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ महोत्सव में अगले पाच दिनों तक नेहरू युवा केन्द्र एनएसएस और स्थानीय युवा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का आदान प्रदान करेंगे फिट यूथ फिट इंडिया थीम पर हो रहे इस महोत्सव में लोकनृत्य हिन्दुस्तानी गायन तबला मृदंगम वीणा बासुरी और कई तरह की नृत्य शैलियों के प्रदर्शन के साथ साथ साहसिक शिविर सुविचार शिविर और युवा समागम आयोजित होंगे

जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों पर केन्द्रित संवाद विद्यार्थियों से स्थापित किया गया इस अवसर पर मानविकी संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्र ने कहा कि स्वामी जी के विचार दुनिया में स्थायी शांति की दिशा में सार्थक प्रयास साबित हो सकते हैं वहीं हरदोई में विवेकानंद यूथ मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश सहित राजस्थान उत्तराखंड बिहार और दिल्ली राज्यों के पांच सौ से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया तीन पांच आठ और इक्कीस किलोमीटर की रेस में लखनऊ पहले स्थान पर बदायूं दूसरे और इलाहाबाद तीसरे स्थान पर रहे ज़िलाधिकारी पुलकित खरे ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये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

श्री योगी ने कल लखनऊ में यात्रा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस प्रकार की गंगा यात्रा आयोजित की जा रही है उन्होंने कहा कि गंगा जी आस्था का प्रतीक होने के अलावा देश के विकास और समृद्धि में भी मददगार हैं मुख्यमंत्री ने राज्य के जलशक्ति विभाग के साथ तालमेल बनाते हुये विभिन्न विभागों को गंगा यात्रा के संबंध में पूरी तैयारी किये जाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में लोगों को अवगत कराया जाये एक हजार पच्चीस किलोमीटर की यह गंगा यात्रा छब्बीस जनपदों की एक हजार छब्बीस ग्राम पंचायतों से गूजरेगी पहली यात्रा बिजनौर से कानपुर और दूसरी यात्रा बलिया से कानपुर तक की जायेगी इन यात्राओं में केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ और तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया है श्री मौर्य आज अलीगढ़ में ज़िले के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे इससे पहले उन्होंने अठहत्तर करोड़ रूपये लागत की सैंतीस विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया इन परियोजनाओं में चार पुल और तैंतीस सड़कें शामिल हैं उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अधिकारियों और शिक्षकों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में नई कार्य परम्परा कायम करने का आहवान किया है डॉक्टर शर्मा कल लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा दोनों को आपस में समन्वय स्थापित कर शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी लाने में अपना योगदान करना चाहिए इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा अधिकारियों से कहा कि वह अपनी परेशानियों के बारे में सुझाव पत्र दें सरकार उस पर संवेदनशीलता स विचार करेगी केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के नाम पर कांग्रेस वामदल सहित कई विपक्षी पार्टियां देश में अस्थिरता का माहौल बना रहे हैं लेकिन सरकार उनके मनसूबों को सफल नहीं होने देगी श्री सिंह आज मथुरा के बरसाना में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है जो किसी भी तरह उचित नहीं है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गैरूल हसन रिज़वी ने कहा है कि आयोग नागरिकता संशोधन क़ानून के समर्थन में प्रदेश के छह स्थानों पर गोष्ठी आयोजित कर आम लोगों विशेष कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक करेगा

उन्होंने कहा कि इस संशोधित क़ानून से देश में रहने वाले किसी भी नागरिक की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी